संसद का बजट सत्र आज शुरू हो रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे एक फरवरी को केन्द्रीय बजट प्रस्तुत किया जाएगा कोविड महामारी को देखते हए राज्यसभा की कार्यवाही सुबह नौ बजे से दिन में दो बर्जे तक और लोकसभा की कार्यवाही शाम चार बजे से रात्रि नौ बजे तक चलेगी

सभी सदस्य पहली बार संसद में तीन विभिन्न स्थानों पर बैठेंगे

बाकी सांसद सुरक्षित दूरी बनाये रखने के कोविड नियमों के अनुसार लोकसभा और राज्यरसभा कक्ष में बैठेंगे

केंद्र सरकार के भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत राज्य में दो एक्सप्रेस वे निर्माण की मंजूरी दी है इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि केंद्र सरकार से झारखंड में दो एक्सप्रेस वे का निर्माण की मंजूरी मिलना बड़ी सौगात है उन्होंने इस योजना का स्वागत किया है

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने झारखंड में दो इकोनॉमिक ग्रीन कॉरिडोर बनाने की स्वीकृति दी है जो रांची से संबलपुर तक और धनबाद से रायपुर तक भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेस वे बनायी जायेगी ये दोनों एक्सप्रेस वे देश में अनुठे होंगे उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण से देश के उद्योग धंधों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी

स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि भारत में कोविड संक्रमण के मामले लगातार घट रहे हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बलराम भार्गव ने बताया कि भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोवैक्सीन ब्रिटेन में पाए गए कोविड के नए प्रकार के खिलाफ भी कारगर है

धनबाद जिले में सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी कोरोना टीकाकरण होगा इस संबंध में कल जिला टीकाकरण पदाधिकारी डॉ विकास राणा ने अशर्फी अस्पताल जालान अस्पताल और पाटलिप्त्र नर्सिंग होम प्रबंधन से वार्ता की अधिकारियों ने तीनों अस्पतालों का निरीक्षण भी किया

इसमें सरकारी डॉक्टर कर्मचारियों के अलावा निजी क्षेत्र के डॉक्टर कर्मचारी आंगनबाड़ी कर्मचारी सहिया आदि शामिल हैं इसके बाद द्वितीय चरण में पुलिस प्रशासन नगर निगम के कर्मचारी को वैक्सीन लगाया जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत में टीकाकरण अभियान की सराहना की है संघ के महासचिव एंटोनियो गुतरश ने भारत से कोरोना टीकाकरण के वैश्विक अभियान में बड़ी भूमिका निभाने का अनुरोध किया है संवाददाताओं से बातचीत में महासचिव ने कहा कि टीका उत्पादन में भारत की क्षमता दुनिया के लिए सबसे बड़ा वरदान है उन्होंने कहा कि भारत में विकसित वैक्सीन का बहत बड़े स्तर पर उत्पादन हो रहा है भारत के पास वो सभी साधन उपलब्ध हैं जो विश्व टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए जरूरी हैं

केंद्र सरकार के आर्थिक सलाहकार सह संयुक्त सचिव विजय कुमार बेहरा और झारखंड सरकार के मनरेगा आयुक्त सिद्वार्थ त्रिपाठी ने कल जामताड़ा में विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की

उन्होंने कहा कि इससे देश में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देकर नए पेटेंट भी तैयार किए जा सकेंगे कला उत्सव के समापन समारोह में कल श्री निशंक ने कहा कि शिक्षा नीति शिक्षा के माध्यम से कला और संस्कृति के संवर्द्वन को प्रोत्साहित करती है उन्होंने कहा कि कला उत्सव ने शिक्षा नीति के सुझावों पर अमल किया है कला उत्सव से छात्रों को कला के विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक नया मंच उपलब्ध होता है और उनकी कल्पनाओं को नए पंख मिलते हैं उन्होंने उत्सव में स्वदेशी खिलौनों और खेलों को शामिल करने की सराहना की और कहा कि इससे वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहन मिलेगा

पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया है इनसे पुछताछ की जा रही है

पुलिस प्रशासन ने एयरपोर्ट प्रबंधन को इसकी जानकारी दी जिसके बाद कई जिलों की लड़कियों को बचा लिया गया

साहेबगंज जिला प्रशासन मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है

जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में दाखिल की गयी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी बता दें कि चारा घोटाले से जुड़े तीन अन्य मामलों में उन्हें हाइकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है फिलहाल वे दिल्ली के एम्स में इलाजरत हैं इससे पहले लालू प्रसाद रिम्स में भर्ती थे रांची मंडल रेल प्रबंधक नीरज अम्बष्ठ ने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में सीमित आपूर्तिकर्ता वाले मदों की प्रदर्शनी कक्ष का कल उद्घाटन किया यह प्रदर्शनी कक्ष मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के प्रथम तल पर भंडार कार्यालय के पास है ज्ञात हो कि रेलवे के दैनिक परिचालन में अनुरक्षण के कार्य के लिए कई प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है

चतरा जिले की गिद्धौर पुलिस ने कल ब्राउन शुगर के छह तस्करों को गिरफ्तार किया

राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में मौसम में फिर बदलाव हुआ है

मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार आज रांची बोकारो गुमला हजारीबाग खूंटी रामगढ़ पूर्वी सिंहभूम पश्चिम सिंहभूम लातेहार और लोहरदगा में हल्की बारिश की संभावना है इससे न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी और ठंढ बढ़ेगी वहीं एक फरवरी से मौसम साफ होगा हालांकि इस दौरान सुबह में कोहरा छाई रहेगी संक्षिप्त खबरें खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर हाइकोर्ट ने दोनों पक्षों को लिखित जवाब के साथ दस्तावेज पेश करने को कहा है

राज्य के विभिन्न स्कूलों में संगीत शिक्षकों को हटाने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर हाइकोर्ट ने सुनवाई कर शिक्षकों को सरकार द्वारा हटाए जाने के आदेश पर पूर्व में लगाई गई रोक को जारी रखा है

लातेहार जिले में पुलिस ने कल प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तृति कमेटी के एक सक्रिय सदस्य राजेश उरांव अली उरांव को गिरफ्तार किया है

प्रभात खबर ने मानव तस्करी कर दूसरे राज्यों में हवाई जहाज के जरिये ले जाई जा रहीं सात लड़कियों को मुक्त कराने की खबर को प्राथमिकता के साथ प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर ने लालू प्रसाद यादव की आज जमानत याचिका पर होने वाली सुनवाई को पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक जागरण ने लिखा है सीबीएसई दो फरवरी को जारी करेगा परीक्षाओ की तारीख दैनिक हिन्दुस्तान ने झारखंड में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार धीमी होने की खबर को पहले पेज पर बॉटम पर जगह दी है रांची एक्सप्रेस ने विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा चीन को लेकर दिए गए बयान भारत चीन संबंध दोहराहे पर को पहले पेज पर जगह दी है हिन्दुस्तान टाईम्स ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरूआत करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है